केन्द्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई सीधे दिखाने और उसकी वीडियो रिकार्डिंग की प्रक्रिया प्रधान न्यायधीश की अदालत में प्रयोग के तौर पर शुरू की जा सकती है अर्टानी जनरनल के के वेण्गोपाल जिनका कोर्ट ने इस मामले में सहयोग मांगा है ने प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा की खंडपीठ को बताया कि सीधे दिखाने की प्रक्रिया दो तीन महीनें के लिए प्रयोग के तौर पर शुरू की जा सकती है ताकि इस प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी दिक्कतों का पता लग सके ताकि बाद में इस परियोजना का आंकलन कर इसे द्रस्त बनाया जा सके पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह जिन्होंने इस बारे जनहित याचिका दायर थी सहित स्भी पार्टियों से इस बारे अपने स्झाव अर्टानी जनरल देने को कहा है मामले की अगली स्नवाई तीस ज्लाई हो होगी केन्द्र सरकार ने आज कहा है वो एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया है लोकसभा में आज एक लिखित उतर में वाणिज्य और उदयोग राज्य मंत्री आर चौधरी ने कहा कि प्रस्तावित नीति का लक्ष्य नवाचार गति तथा सरलता प्रतिस्पर्धा ग्ण्वता तथा स्थायीत्व द्वारा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग को ले जाना हे उन्होंने कहा कि अंर्तनीहित लक्ष्यों से उभरती प्रौद्योगिकी में भारत को आगे बढ़ाने भारतीय उद्योग में तकनीकी गहनता लाने छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन वैश्विक तथा क्षेत्रीय मूल्रू श्रंखला में एकीकृत होने तथा उदयोगों में रोज़गार बढ़ाना शामिल है

हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि अधिकारियों को पंचक्ला महिला थाना प्रभारी राजेश क्मारी दवारा मोरनी सामूहिक द्वष्कर्म मामले में बरती लापरवाही की जाचं के लिये कहा जायेगा अगर थाना प्रभारी ने मामले में जानबुझ कर लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी मंत्री आज पंचकूला में जिला लोक सम्पर्क एंवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी कांग्रेस द्वारा इस मामले पर किये जा रहे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि सरकार महिला स्रक्षा के लिए कानून बना रही है पर हमें सामाजिक बदलाव भी लाना होगा रायप्रानी के जासप्र मीट प्लांट मामले पर श्रीमति कविता जैन ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और गांव वालों ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर रखी है उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग केवल उनकी सरकार में नही हो रही है पहले भी इसी तरह के हादसे हये है उन्होंने कहा कि नैतिकता और मानवता के नजरिये से मॉब लिंचचिंग को सही नहीं कहा जा सकता उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे कानून संशोधन पर काम कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला आयेगा एसएचओ राजेश क्मारी द्वारा दहेज मामले में शिकायत कर्ता के उत्पीड़न पर मानव अधिकार आयोग द्वारा डीसीपी को एक्शन लेने के आदेश के मामले पर श्रीमति जैन ने कहा कि चाहे कोई महिला प्लिसकर्मी हो या प्रूष या कोई अधिकारी जनता के हित के खिलाफ काम करने वाले को बख्शा नहीं जायेगा हरियाणा के श्रम एवं रोज़गार मंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पलवल अनाज मंडल में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत अन्त्योदय मेले का श्भारंभ किया

मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पैंतीस हजार श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली लगभग पच्चीस करोड़ रूपये की वजीफे की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराने की घोषण की अपने सम्बोधन में श्रीसैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह स्निश्चित किया कि श्रमिकों को उनका हक मिलना चाहिए सरकार की हर योजना गरीबों के हित को ध्यान में रख बनाई गई जबकि पूर्व सरकारें ने जनकल्याण की कोई योजना नही नहीं बनाई और जो बनाई भ्जी उसमें भ्रष्टाचार प्याप्त था उन्होंने कहा कि जब केन्द्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी जब भूपेन्द्र सिंह हडडा ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को रद्दी के डिब्बे में डालना दिया था नायब सिंह सैन ने कहा कि कांग्रेस के दस वर्षो के कार्यालय के श्रमिकों के कल्याण पर मात्र अट्ठाइस करोड़ रूपये खर्च किये गये जबिक भाजपा ने साढ़े तीन साल में चार सौ करोड़ रूपये खर्च किये गये है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को उनकी जंयतीपर श्रदवाजंलि अर्पित की एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने समाज के सभी वर्गो को संगठित किया और भारत के गौरवशाली अतीत से सभी को जोड़ा श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्वास्मन अर्पित किये अपने टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत माता के वीर सपूत ने अपना जीवन क्र्बान कर दिया ताकि भारत के नागरिकों को उपनिवेशवाद से छ्टकारा मिल सकें

प्लिस महानिदेशक बी एस संध् ने आज पंचक्ला में बताया कि हरियाणा प्लिस द्वारा संगठित अपराध नशीले पदार्थो की रोकथाम गैंगवार व कुख्यात अपराधियों निपटने के लिए इसी वर्ष जनवरी में चालीस पुलिस कर्मियों के साथ एसटीएफ की गठन किया गया था अब प्लिस दवारा साईबार अपराध के मुद्दे से निपटने के लिए सौ अत्याधिक योग्य साइबर विशेषज्ञों को एसटी एफ टीम में शामिल करने की योजना है ताकि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से अपराध जगत में सक्रिय बड़े अपराधियों पर नकेल कसी जा सके इस मौके पर अतिरिक्त प्लिस माहनिदेशक अपराध श्री ओ पी अग्रवाल ने एसटीएफ दवारा जप्त किये गये अवैध हथियार और नशीले पदार्थो की जानकारी दी और कहा कि छ महीनें की अवधि में एसटीएफ ने बीस अतिवांछित अपराधियों की पहचान की है जो हरियाणा दिल्ली राजस्थान पश्चिमी यू पी चंडीगढ़ और पंजाब में अपनी आपराधिक गतिविधियां करते थे एसटीएफ के लगातार डर और दबाव के कारण इनमें अधिकतर अपराधी हरियाणा से बाहर का रूख कर गये है उन्होंने कहा कि एसटीएफ तालमेल के साथ नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हए सक्रिय व साकारात्मक रूप से राज्य प्लिस को सहयोग दे रही है साइबर विशेषज्ञों को टीम के में शामिल होने के बाद एसटीएफ और मजबूती से काम करेगी आज यम्नानगर जिले के बिलासप्र एसडीएम कार्यालयमें अन्त्योदय सरल केन्द्र का जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने उदघाटन किया और बतायाकि एक सौ अद्वानवे योनजायें व एक सौ पैंतीस सेवाएं यहा पर दी जायेगी और आने वाले समय में भी अन्य जरूरी सेवाएं भी सरल केन्द्र पर मुहैया कराई जायेगी उन्होंने बताया कि हैप्ल डेस्क से पहले टोकन लेना होगा उसके बाद स्क्रीन पर नंबर आने के बाद आप किसी भी कांउटर से अपना काम करा सकते है

उपायुक्त ने बताया कि हर कांउटर पर डब्ल स्क्रीन लगे है जिसे ऑन लाइन फार्म की जांच की जा सकती है उपाय्कृत ने सभी कांउटर की निरीक्षण भी किया वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू की कोठी में आगजनी और लूटपाट के मामले में गिरफ्तार आरोपी पवन जसिया की छ दिन की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें सीबीआई अदालत में पेश किया गया

पूरे देश के साथ हिसार में भी ट्रांसपोर्टर की हड़ताला आज चौथे दिन में प्रवेश की गई अब ट्रांसपोर्टर यूनियन ने फल सब्जियों दूध व दूध जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति रद्द करने की घोषणा की है हिसार ट्रांसपोर्ट संघ के प्रधान अशोक क्मार ने कहा कि हड़ताल को चार दिन हो गये है पर केन्द्र सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है इसलिये वो मजब्रन जरूरी चीजों की आपूर्ति भी रोक रहे है